इन दोनों लोगों के सपर्क में आए व्यक्तियो को खोज कर स्क्रिनिंग की जा रही है चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि कोरोना प्रभावित जिलों में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है

इनको स्क्रिनिंग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है

उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है श्री शर्मा ने बताया कि आमजन को लॉकडाउन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए सरकार ने सभी जिलों को आवश्यकतानुसार फंड उपलब्ध करा दिया है

इनके अनुसार किसी भी श्रेणी के आवश्यक वस्तुओं वाले मालवाहक वाहन पश् चारे के वाहन डीजल पेट्रोल एलपीजी सीएनजी और पीएनजी के परिवहन में काम आने वाली गाड़ियां कोल्ड स्टोरेज और माल गोदाम से माल लाने वाले वाहन बैंक कैश डिलीवरी में काम आने वाली गाडियां होम डिलीवरी और इससे संबंधित कच्चा माल ढोने में नियोजित वाहन मीडिया कार्यालय से जुड़े वाहन रोगी और शव को ले जानी वाली गाड़ियां लॉक डाउन के दौरान कार्यरत कार्यालयों में नियोजित वाहन आने जाने दिए जाएंगे वहीं आवश्यक सेवाओं वाले कार्यालय में कार्यरत कार्मिक अपने निजी वाहन से कार्यस्थल पर आ जा सकेंगे इसके लिए उनके परिचय पत्र के आधार पर उन्हें छूट दी जाएगी

इन्हीं में से कुछ लोगों ने आकाशवाणी के साथ अपने तरीकों की जानकारी साझा की जयपुर निवासी और जनता स्टोर किताब के लेखक नवीन चौधरी ने अपनी दिनचर्या के बारे में जानकारी दी वहीं जयप्र में ही एक आईटी कम्पनी के मालिक अजय डाटा ने भी अपने अनुभव बताए

अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी और केन्द्रीय सेवाओं के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित समस्त अधिकारी तथा सभी राज्य सेवाओं के अधिकारी पांच दिन का वेतन राजस्थान अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी और कर्मचारी तीन दिन सभी मंत्रालयिक सेवाओं के अधिकारी और कर्मचारी दो दिन और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक दिन का वेतन देंगे

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से हेल्प लाइन नम्बर जारी किए गए है

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं श्री आंजना ने बताया कि काश्तकारों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सहकारी बैंकों से फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की ऋण वसूली की तारीख बढ़ाने का निर्णय किया गया है ताकि वे शुन्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ प्राप्त कर सके उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए

यह बढोतरी पिछले साल एक जुलाई से लागू मानी जाएगी

इसका लाभ राज्य कर्मचारियों के अलावा कार्य प्रभारित कर्मचारी पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा

प्रदेशभर में आज गणगौर का पर्व परम्परागत रूप से मनाया गया लेकिन इस बार कोरोना वायरस के संकमण के कारण लगाए गए लॉक डाउन का पालन करने के लिए महिलाओं ने अपने अपने घरों में ही ईसर गणगौर की पूजा की दौसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि गणगौर की पूजा महिलाओं ने मुंह पर मास्क और कम संख्या में एकत्रित होकर घर के अंदर ही की दौसा की महिलाओं ने बताया कि पूजा के दौरान सोशियल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया

रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया कि सभी कर्जो के मासिक भुगतान पर तीन महीने तक की राहत दी गई है उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी से भारत के लिए भी हालात कठिन हो सकते हैं हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन से खाद्यान्नों के दाम में कुछ कमी आएगी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि देश की बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और लोगों को बैंकों में जमा धन को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए और घबराहट में पैसा नहीं निकालना चाहिए

ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं